राज्यभर में अबतक हई छह लाख से अधिक नमूनों की जांच बत्तीस हजार एक सौ चौहतर कोरोना संक्रमित मिले

इसके तहत सिर्फ झारखंड के लोग ही दर्शन कर सकेंगे इसके तहत प्रतिदिन अधिकतम चार घंटे तक मंदिर खुला रहेगा इस दौरान एक घंटे में पचास से ज्यादा लोगों को दर्शन करने की इजाजत नहीं मिलेगी वहीं आम लोगों को दर्शन के लिए ऑनलाईन प्रवेश कार्ड जारी किया जाएगा

जिनमें पांच लाख अड़सठ हजार एक सौ अड़तालीस की रिपोर्ट निगेटिव मिली है वहीं बत्तीस हजार एक सौ चौहतर पॉजिटिव मामले मिले हैं इनमें इक्कीस हजार सात सौ पचास लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल दस हजार सतहतर सक्रिय मामले हैं जबकि तीन सौ सैंतालीस की अबतक मौत हो चुकी है राज्य में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सड़सठ प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार छप्पन नए कोरोना संक्रमित मिले वहीं सात सौ पच्चीस लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई वहीं बारह लोगों की मौत हो जाने की भी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इनमें सबसे ज्यादा रांची से तीन सो चौदह पूर्वी सिंहभूम से एक सौ इकतालीस बोकारो से अड़सठ और रामगढ़ से सड़सठ संक्रमित मिले हैं जबकि पूर्वी सिंहभूम से सबसे ज्यादा एक सौ छियालीस रांची से चौरासी धनबाद से इक्कासी और पलामू से तिरसठ लोग स्वस्थ हुए हैं वही पूर्वी सिंहभूम में आठ और बोकारो कोडरमा राची तथा पश्चिमी सिंहभूम में एक एक संक्रमित की मौत हो गई

इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाये गए केंद्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना की जांच को लेकर अपने नमूने दिए जिला प्रशासन ने इस अभियान के तहत दस हजार नमूनों की जांच करने का लक्ष्य रखा है

पिछले पच्चीस दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का शत प्रतिशत है स्वस्थ होने वालों की दर बढकर छिहत्तर दशमलव तीन शून्य हो गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमितों में केवल शून्य दशमलव दो नौ प्रतिशत वेंटिलेटर पर हैं और मात्र दो प्रतिशत लोग आईसीय में हैं मृत्यु दर भी घटकर एक दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है इस समय देश में संक्रमण के सात लाख सात हजार दो सौ सड़सठ सक्रिय मामले हैं कोरोना संक्रमण के दौरान लागू पूर्ण बंदी में मनरेगा श्रमिकों की औसत आय दोगुनी हई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की आय लगभग दोगुनी होकर एक हजार रुपये प्रति माह हो गयी अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में योजना के तहत कार्य निष्पादन में छियालीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हई

जेईई मेन्स और नीट दो हजार बीस अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंतबर में आयोजित की जाएंगी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रो की संख्या में वृद्धि कर दी है

दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज झारखंड समेत गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जेईई मेन्स और नीट परीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की इसमें मुख्यमॅत्रियों ने दोनों परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का सुझाव दिया चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कोल्हैया बस्ती में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर लगभग पच्चीस लीटर गीला अफीम और डेढ़ सौ ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थो की कीमत करीब तीस लाख रुपए आंकी गई है राजपुर के पुलिस निरीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घर में अफीम से ब्राउन शूगर बनाने का धंधा चल रहा है इसके उपरांत छापेमारी दल ने धावा बोलकर मादक पदार्थों के साथ तस्करों को पकड़ लिया गया उधर जिले के सदर पुलिस ने आज सुबह सिमरिया थाना क्षेत्र से बिहार के भभुआ अवैध तरीके से ट्रक से भेजे जा रहा तेल को जब्त कर लिया पुलिस ने बताया कि इस तेल की ग्रणवत्ता की जांच के लिए रांची स्थित फूड लेबोरेट्री भेजा गया है वहीं लाइसेंस की भी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी रिथिति स्पष्ट करने को कहा है लॉकडाउन के दौरान छह महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए उसने कहा कि रिजर्व बैंक का अब तक का रवैया उद्योग की चिंताओं से जुड़ा हुआ दिखता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि रिजर्व बैंक परेशानी झेल रहे खाताधारकों की पहचान करने के बाद उन्हें कम ब्याज दरों की राहत देगा

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटे के दौरान कई इलाको में मूसलाधार बारिश और वजपात होने का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मॉनसून फिर सक्रिय हुआ है लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है वहीं निचले इलाकों में जल जमाव से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है आज मदर टेरेसा की जयंती मनायी गयी नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चौरिटी की स्थापना की थी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मदर टेरेसा को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन गरीबों की सेवा और लोगों की भलाई में समर्पित किया संक्षिप्त खबरें गिरिडीह पुलिस ने पंचायत सचिव विजय राम भदानी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल राजू यादव रामकू हांसदा और राधिका देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है

रामगढ़ में प्रशिक्ष् महिला सब इंस्पेक्टर को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने चार घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया वहीं खेतों में लगी धान और मक्का की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दी जंगली हाथियों के गांव में प्रवेश करने से लोग दहशत में हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की आज कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी है